टीवी चैनलों को किसी भी ऐसे समाचार या विज्ञापन पर विशेष रूप से सावधानी बरतने को कहा गया है टीवी चैनलों को यह भी मशविरा दिया गया है कि वे देश की अखण्डता को प्रभावित करने वाली या देश विरोधी प्रवृतियों को बढ़ावा देने वाली किसी भी समाचार की विषय वस्तु पर सावधानी बरतें मंत्रालय ने टीवी चैनलों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसा कोई भी समाचार प्रसारित नहीं किया जाए जो कानूनों का उल्लंघन करता हो पैनल सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गठित एक अनौपचारिक संसदीय समिति को एक तदर्थ पैनल में बदल दिया गया है

उन्होंने कहा कि यह पैनल एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा इसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद जयराम रमेश करेंगे

इस दौरान राजधानी भोपाल सहित सभी स्थानों पर लोगों को बिजली बचत के लिये प्रेरित करने कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे भोपाल स्थित कंपनी मुख्यालय से विद्युत वितरण केन्द्रों तक कर्मचारियों को बिजली बचत की शपथ दिलाई जायेगी इस सप्ताह ऊर्जा संरक्षण पर स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जायेंगी गहलोत आश्वासन केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुलझाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाएंगे दिव्यांगों को रेलवे में नौकरियों को लेकर शून्यकाल में उठाये गये मामले का जवाब देते हए श्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने इस बारे में रेल मंत्री से बात की है इसे लेकर दोनों मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों के संपर्क में हैं

उन्होंने कल भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदेश में खजुराहो उज्जैन सांची भीमबेटका के साथ ही सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार पाने वाले ओरछा जैसे पर्यटन स्थल भी हैं जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं इसे बढ़ावा देने की दृष्टि से ही इस महोत्व का आयोजन किया जा रहा है जानीमानी सितार वादक मंजू मेहता अपनी प्रस्तुति देंगी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों तेलंगाना में पश् चिकित्सक के साथ सामुहिक दृष्कर्म और उसकी हत्या के चार अभियुक्तों की मुठभेड़ में मौत की निष्पक्ष जांच के आदेश दिये हैं मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में दो जनहितयाचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी

बड़ी झील पर आयोजित इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में इसके आयोजन पर प्रसन्नता जताई उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये लगातार काम कर रही है इसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी

मध्यप्रदेश से भी इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता भाग लेंगे

इस दौरान बच्चों को घर घर जाकर विटामीन ए की खुराक पिलाई जायेगी

मोटर साइकल पर सवार यह युवक जुहला गांव के हैं